लोक आस्था का चार दिवसीय महाअनुष्ठान आज नहाय खाय के साथ शुरू

और शिक्षा दिवस पर पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन

लोजपा और रालोसपा ने भाजपा से एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच लोकसभा सीटों के शीघ्र बंटवारें की मांग की है आज पटना में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा और लोक जन शक्ति पार्टी के अध्यक्ष राम विलास पासवान के बीच मुलाकात में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई इधर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में मधुबनी जिले के हरलाखी से रालोसपा के विधायक सुधांशु रंजन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर से मुलाकात की है इस मुलाकात के बाद विधायक श्री रंजन के साथ रालोसपा के एक अन्य विधायक ललन पासवान के जदयू में शामिल होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है इधर रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपने विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया है लोक आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाय के साथ शुरू हो गया है इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी समेत अन्य नदियों सरोवरों और तालाबों में स्नान करने के बाद अरवा चावल का भोजन ग्रहण किया कल खरना के साथ ही व्रतियों का छत्तीस घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा तेरह को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और चौदह नवम्बर की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ छठ पर्व सम्पन्न होगा पूरे प्रदेश में छठ घाटों को तैयार करने का काम अंतिम चरण में है छठ घाटों पर बिजली की पर्याप्त व्यवस्था के साथ बैरिकेडिंग भी की गई है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नौवीं बटालियन बिहटा के कमांडेंट विजय सिन्हा की निगरानी में छह टीमें पटना बक्सर भोजपुर मुजफ्फरपुर गोपालगंज और सुपौल जिलों में तैनात की गयी है प्रशासन ने छठ घाटों पर पटाखा फोड़ने और गैस वाले गूब्बारे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है छठ पर्व के दौरान गंगा नदी में नावों के परिचालन पर भी रोक रहेगी विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि छठ के लिए फल और पूजा सामग्री की खरीदारी को लेकर बाजारों में चहल पहल काफी बढ़ गयी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से छठ के दौरान पटना समेत प्रदेश के विभिन्न घाटों पर मेडिकल कैंप स्थापित किये गए हैं इन शिविरों में चिकित्सकों और पारा मेडिकल कर्मी के साथ विभिन्न प्रकार की दवाईयां उपलब्ध कराई गई हैं किसी आपात स्थित से निपटने के लिए सभी सरकारी और पांच निजी अस्पतालों को चौदह नवम्बर तक अलर्ट पर रखा गया है औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर शेखप्रा के तेउस सूर्य मंदिर पटना जिले के द्रल्हिन बाजार स्थित उलार्क तथा बाढ़ स्थित प्रण्यार्क मंदिर बक्सर के राम रेखा घाट गया में दक्षिणार्क सूर्य देवालय और नालंदा जिले में बड़गांव के बालार्क तथा औगांरी गांव स्थित अंगार्क सूर्य मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए बिहार सहित आसपास के अन्य राज्यों से भी छठ व्रतियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है छठ के अवसर पर राजधानी पटना के आदर्श केन्द्रीय कारा बेउर सहित प्रदेश की अन्य जेलों में भी कैदियों को अर्घ्य देने के लिए अस्थायी जलकुंड बनाए गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आज समाज में टकराव का माहौल तैयार किया जा रहा है जिसे आपसी सौहार्द से समाप्त किया जा सकता है मुख्यमंत्री आज पटना में देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबूल कलाम आजाद की जयंती पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे श्री क्मार ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी से गरीबों के जीवन स्तर में काफी बदलाव आया है मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सभी लोगों से सहयोग की अपील भी की इस अवसर पर उपमूख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे वहीं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर राज्यभर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया देश को हल्का लड़ाकू विमान तेजस देने वाले और डॉक्टर एपीजे अब्दूल कलाम के सहयोगी रहे वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा को राज्य सरकार ने शिक्षा के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड के बाउर गांव के निवासी डॉक्टर वर्मा ने पटना साइंस कॉलेज से इंटर और बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से उच्च और तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भूटानी टेंपल के निर्माण से भारत एवं भूटान के आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे श्री कुमार आज राजगीर में भूटानी टेंपल के शिलापट्ट का अनावरण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि भूटानी टेंपल के निर्माण से भारत और भूटान के आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे उन्होंने कहा कि टेंपल के बनने से राजगीर का महत्व और बढ़ेगा यहां केवल भूटान से ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग क्षेत्रों से भी लोग मंदिर दर्शन को आएंगे पटना के पुलिस लाईन में पिछले दिनों प्रशिक्षु सिपाहियों के हंगामे ओर तोड़फोड़ के आरोप में एडीजी मुख्यालय एसके सिंघल ने एक हवलदार समेत तीन पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया है भोजपूर जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र के केशवपूर चौक और नखनाम टोला में प्रलिस ने छापेमारी कर पांच हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है भोजप्र के प्रलिस अधीक्षक आदित्य क्मार ने बताया कि ग्रप्त सूचना के आधार पर की गयी छापेमारी में अपराधियों के पास से एक राईफल पिस्तौल क्छ कारतूस छह मोबाइल फोन और साढ़े सोलह हजार रुपये नकद बरामद किया गया है वहीं अररिया जिला के सिकटी थाना क्षेत्र के सैदाबाद में पूलिस ने छापेमारी कर एक देशी पिस्तौल और नौ कारतूस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर नगर निगम ने यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साहू रोड स्थित बालिका गृह भवन को ध्वस्त करने का आदेश दिया है नगर आयुक्त संजय दूबे ने इससे संबंधित मामले में सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया नगर निगम ने कहा कि इस भवन के निर्माण में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किया गया है इधर पटना जिले के पाटलिपूत्रा थाना क्षेत्र के आशा किरण आश्रय घर से फरार हुई चार लड़कियों के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने कहा कि जल्द ही सभी लड़कियों को बरामद कर लिया जायेगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश में गरीब परिवारों के आवास निर्माण तेजी से पूरे किये जा रहे हैं हमारे शिवहर संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट बाईट संवाददाता शिवहर जिले के विभिन्न प्रखंडों में दीपावली के दिन एक साथ ग्यारह सौ से अधिक लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया गया नरकटिया गांव के निवासी भोला राउत कहते हैं कि पक्का घर मिलना उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं है

आकाशवाणी समाचार के लिए शिवहर से हरिकांत सिंह प्रख्यात साहित्यकार श्रीरंजन सूरिदेव का आज पटना में निधन हो गया वे चौरानवे वर्ष के थे श्रीरंजन सूरिदेव संस्कृत हिन्दी प्राकृत पाली और अपभ्रंश समेत कई भारतीय भाषाओं के विद्वान थे वे बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन पटना से भी जुडे थे राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूरिदेव के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है दरभंगा के लहरियासराय स्थित एमएलए एकेडमी के पूर्ववर्ती छात्रों का आज मिलन समारोह आयोजित किया गया इस स्कूल के छात्र रह चुके मुख्य सचिव दीपक कूमार आरपीएफ के महानिदेशक अरूण कूमार और गूजरात के पूलिस महानिदेशक प्रशासन मोहन झा समेत अनेक पूर्ववर्ती छात्रों ने इस समारोह में भाग लिया इस अवसर पर पूर्ववर्ती छात्रों के संरक्षक राम चन्द्र लाल दास ने कहा कि विद्यालय के प्राने गौरव को बहाल करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया गया कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि जीरो टिलेज मशीन से गेहूँ की खेती करना किसानों के लिए काफी लाभप्रद है उन्होंने कहा कि जीरो टिलेज मशीन से गेहूँ की बुआई करने से कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त होता है

बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खमहार गांव में भूमि विवाद में एक यूवक की हयी हत्या से आक्रोशित लोगों ने रोसड़ा बेगूसराय मूख्य मार्ग को घंटों जाम किया वहीं जिले के साहेबप्रकमाल थाना के सनहा गांव में अपराधियों ने एक कूरियर कंपनी के कर्मचारी से इकसठ हजार रुपये लूट लिये नवादा जिले के पुलिस अधीक्षक हरि प्रसाद एस ने कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में बुंदेलखंड के थाना प्रभारी समेत तीन प्रलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है बांका जिला के बौंसी थाना क्षेत्र के सिमरा गांव में अचानक लगी आग से तीन कच्चे घर जल गए बेगूसराय प्रेस क्लब में आज जिला पत्रकार संघ की ओर से छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में दूरदर्शन के शहीद कैमरामैन अच्युतानंद साहू की शहादत पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया

लोक आस्था का चार दिवसीय महाअनुष्ठान आज नहाय खाय के साथ शुरू

और शिक्षा दिवस पर पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन